प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रासिलिया में ब्रिक्स व्यापार परिषद की बैठक में यह घोषणा की उन्होंने परिषद से आग्रह किया कि अगली शिखर बैठक तक ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार पांच सौ अरब डॉलर का करने की योजना तैयार की जाये प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में सदस्य देशों के बीच आर्थिक संभावनाओं का पता लगाना जरूरी होगा श्री मोदी ने भारत में न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्षेत्रीय शाखा जल्दी खोले जाने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री ने सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की जरूरत पर जोर दिया उन्होंने कहा कि ब्रिक्स व्यापार परिषद डिजीटल स्वास्थ्य प्रक्रियाएं इस्तेमाल करने के बारे में भारत में हैकाथॉन आयोजित करने पर विचार कर सकती है इन प्रयासों में मेडिकल डिवाइस ऊर्जा के नए विकल्पों और दिव्यांग तथा बुजुर्गों के लिए इनोवेशन्स को प्राथमिकता दी जा सकती है इन पहलों से हमें समाज के लिए उपयोगी रिसर्च को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी इस दिशा में भारत ब्रिक्स डिजिटल हेत्थ समिट का आयोजन करेगा इससे स्वस्थ जीवनशैली के लिए इनोवेशन सोल्यूशन्स को प्रोत्साहित किया जा सकेगा एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लखनऊ और कानपुर के बाद शीघ्र ही छ और शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू की जायेगी जिन शहरों में यह सेवा शुरू होनी है उनमें आगरा मेरठ प्रयागराज वाराणसी झांसी और गोरखपुर शामिल हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अर्बन मोबिलिटी इण्डिया कॉन्फ्रेंस एण्ड एक्सपो के उदघाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे

आयोजन को सम्बोधित करते हुये केन्द्रीय आवासन एवं शहरी राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्वर महगा होने के कारण अब मेट्रो लाइट सेवा को विकल्प के रूप में लाया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में आई आई टी के मुख्य द्वार पर कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण का शुभारम्भ किया इस अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द कानपुर में भी मेट्रो दौड़ेगी उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिये मेट्रो रेल से बेहतर कोई विकल्प नही हो सकता मेट्रो आज की सवारी है लेकिन यह हमें सौ वर्षो का विजन देती है नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि राज्य सरकार बौद्व धर्म के केन्द्र के रूप में विख्यात सारनाथ में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है वृन्देलखण्ड में घरों में पाइप पेयजल पहुंचाने के लिये भी काम शुरू हो गया है इसके अलावा राज्य सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये भी प्रयासरत है उन्होंने बताया कि सरकार की यह कोशिश है कि हर दो जिलों के बीच एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो मुख्यमंत्री ने उपाध्यक्ष को बताया कि राज्य सरकार ने चौदह मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है उन्होंने बताया कि देश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश भी जारी है सरकार ने भारतीय वन अधिनियम उन्नीस सौ सत्ताईस में संशोधन के लिए तैयार मसौदे को वापस लेने का फैसला किया है पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार जनजातियों के लिए कोई प्रतिकूल कदम नहीं उठाएगी आदिवासी कानून बदलने का सरकार कोई भी इरादा नहीं है अभी चार बार बताने के बावजूद भी हमने ये पाया कि ये गलतफहमियां ज्यों की त्यों बरकरार रहती हैं इसलिए आज हम जो ड्राफ्ट सर्कलेट हआ था स्टेकहोल्डर्स के दरम्यान वो हम विदड्रा कर रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट में ऐसा कोई बदलाव करने की अभी कल्पना नहीं है श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार वनवासियों और जनजातियों के अधिकारों को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्द है

बैठक के दौरान श्री बिरला सदन के सुचारू संचालन के लिए राजनीतिक दलों से समर्थन मांगेंगे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायड़ ने भी रविवार को ऊपरी सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है सत्र से एक दिन पहले सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है संसद का शीतकालीन सत्र तेरह दिसम्बर तक चलेगा समाज कल्याण द्वारा संचालित सभी चौहत्तर वृद्व आश्रमों में भिल रही अनियमितता की शिकायतों की जांच की जायेगी सभी वुद्वाश्रमो की ऑनलाइन मानिटरिंग भी की जायेगी यह जानकारी प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने आज लखनऊ में सवाददाताओं से बातचीत के दौरान दी सामूहिक विवाह योजना की चर्चा करते हुये श्री शास्त्री ने कहा कि इस योजना के तहत इस बार लक्ष्य से अधिक विवाह हुये हैं उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने लक्ष्य से अधिक सामूहिक विवाह कराये हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा जिन जिलों में कम विवाह हुये हैं वहां की समीक्षा